भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुधिरंजन मोहन्ती बने प्रदेश के नये मुख्य सचिव

प्रदेश में नये साल के स्वागत की तैयारियां राज्यपाल मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनायें

नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग एक लाख लाभार्थियों को लाभ मिला है

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी आदेश के मुताबिक श्री मोहन्ती को आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है उधर आज मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे बसन्त प्रताप सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है वे कल एक जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे गौरतलब है कि श्री सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर वे छह वर्ष तक या छियासठ वर्ष की आयु तक बने रहेंगे प्रदेश सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं उधर प्रमुख सचिव ऊर्जा और आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली आई सी पी केशरी को मुख्य सचिव के वेतनमान पर पदोन्नत किया गया है पदोन्नति के बाद श्री केशरी को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा तथा आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश शासन नई दिल्ली अतिरिक्त प्रभार के पद पर पदस्थ किया गया है

कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल तीन तलाक बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग कर रहे हैं वहीं सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी बिल को पास कराना चाहते हैं गौरतलब है कि इस बिल को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है

उन्होंने कहा कि योजना और सरकार के निर्णय का मैदानी स्तर पर कियान्वयन की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाये जिससे योजना का शत प्रतिशत लाभ जनता को मिल सके

इससे क्षेत्र के रहवासियों एवं किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सकेगी बड़वानी में आज संवाददाताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं में जहां भी कोई शिकायत या कमी होगी उनकी जांच कराकर दोषियों को दंडित कराया जाएगा

प्रदर्शनी में चयनित मॉडल को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शित किया जायेगा

लोग नववर्ष को सेलीब्रेट करने के लिए सड़कों पर निकलने लगे हैं होटलों और बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है वहीं इस अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये है उप पुलिस महानिरीक्षक धर्मेन्द्र चौधरी ने आज होने वाले कार्यक्रमों के लिये व्यापक रूपरेखा तैयार की है उन्होंने कहा कि नववर्ष के आगमन पर आज सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना क्षेत्रों में आवश्यक इंतजाम किये गये हैं

इसलिए उनकी सुरक्षा प्रलिस का कर्तव्य है पुलिस ने लोगों से शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की है

इन्दौर ग्वालियर जबलपुर सहित सभी बड़े शहरों में भी पुलिस ने आज होने वाले नववर्ष के जश्न के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं

श्रीमती पटेल ने अपने संदेश में कहा है कि नववर्ष का आगमन हमें अपने पूर्व के कार्यों का आकलन करने और आने वाले वर्ष में अधिक उत्साह के साथ कार्य करने का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेश के सभी नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएँ दी हैं उन्होंने सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जीवन में उत्साह उमंग और समुद्धि की मंगलकामनाएँ की हैं श्री नाथ ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को भी शुभकामनाएँ देते हए कहा कि वे अपनी तैयारियां तेज कर दें उन्होने कहा कि ये वक्त छोटी छोटी बातों में उलझ कर समय नष्ट करने का नहीं बल्कि आगे देखने और सुनहरा भविष्य निर्माण करने का है उधर लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जल संसाधन मंत्री हक्म सिंह कराड़ा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह सहित सभी मंत्रीगणों ने प्रदेश के नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी है

एक ट्वीट संदेश में श्री यादव ने बताया कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा सरकार देगी सरकार जल्दी ही इस संबंध में सर्वे करायेगी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये

हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज शीतलहर के साथ साथ न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम केंद्र भोपाल ने सतना रीवा पन्ना छतरपुर दमोह ग्वालियर शहडोल मुरैना उमरिया मण्डला जबलपुर बैतूल होशंगाबाद बालाघाट डिण्डौरी टीकमगढ़ जिले में शीतलहर के साथ साथ पाला पड़ने की आसार जताये हैं हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है पर्यटन नगरी पचमढ़ी में पारा एक डिग्री तक पहुंचने से सैलानियों में उत्साह देखा जा रहा है

गौरतलब है कि इस जिले में औसत वर्षा की तुलना में कम वर्षा हुई

कलेक्टर मंजू शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये हैं

इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में सुशासन और जनहित सर्वोपरि है